कहा नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का है हिस्सा

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बताई विकास की असीम संभावनाएं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोविड नाइंटीन के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर दिया बल

पिछले चौबीस घंटों में मिले एक हजार छह सौ बासठ नये मरीज सक्रिय रोगियों की संख्या बीस हजार आठ सौ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नये संसद भवन की आधारशिला रखी विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है जीवन पद्धति है राष्ट्र जीवन की आत्मा है भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था को तंत्र भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उस क्षण को कमी नहीं भूल पाएंगे जब उन्होंने वर्ष दो हजार चौदह में पहली बार संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसके द्वार पर सम्मान से सिर झुकाया था उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की क्शलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधनिक सुविधाओं से लैस होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है नया संसद भवन दो हजार बाइस में देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ में नये भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा

इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे नया भवन अत्याध्निक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इस इमारत में सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था होगी नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर से तीन गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा नये भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला शिल्प तथा वास्त्कला के विविध रूपों के अनुरूप होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं है उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले जो प्रदेश के बारे में देश और विदेश में लोगों की धारणा थी वह बदली है अब यहां कानून और विकास के बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता श्री योगी कल गोरखपुर में पूर्वांचल का सतत विकास विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार और संगोष्ठी के शुभारम्भ के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे सुन्दर क्षेत्रों में हैं लोगों की धारणा और सोच यहां के पिछड़ेपन का कारण रहा है वहीं गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी माह तक कोरोना से बचाव के लिये वैक्सीन आ जायेगी लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना के प्रति सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी और मास्क का उपयोग लगातार करना अति आवश्यक है उन्होंने कहा कि ऐसा उस नेतृत्व की वजह से संभव हो सका है जिसमें देश के विकास के प्रति प्रतिबद्वता है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि अगर भारतीय इतिहास से गुलामी के काल को निकाल दिया जाये तो वैदिक काल से ही यहां ज्ञान के प्रति जिज्ञासा सुनने और देखने को मिलती है उन्होंने कहा कि इस जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में ही भारत को विश्व गुरू का दर्जा हासिल हुआ था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की दसवीं बैठक के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया अपने भाषण में उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि आसियान देशों के बीच सीधे संवाद के लिए संचार अवसंरचना का विस्तार तथा इसमें अन्य देशों को शामिल करने के बारे में दृष्टिकोण पत्र को स्वीकृति दिया जाना महत्वपूर्ण कदम है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये जन जागरूकता प्रचार अभियान प्रभावी तरीके से चलाने पर बल दिया है उन्होंने कल लखनऊ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो के प्रचार अभियान की शुरूआत वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लोगों के व्यवहार में आधारभूत परिवर्तन जरूरी है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाव के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल का अवश्य अनुपालन करे श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने का संकल्प दोहराया है उसे प्राप्त करने के लिये प्रचार अभियान की विशेष भूमिका है उन्होंने कहा कि प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा शुरू किये गये प्रचार अभियान को प्रदेश सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करायेगी इस अवसर पर उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले पोस्टर स्टीकर बैनर और अन्य प्रचार सामग्री का भी लोकार्पण किया ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी गर्मियों में संभावित ऊर्जा की मांग के अनुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाये उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पारेषण केन्द्रों पर ओवर लोडिंग है या नब्बे प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं उनकी गर्मी शुरू होने से पहले ही क्षमता वृद्धि कर दी जाये उन्होंने बताया कि इस वर्ष सर्वाधिक मांग तेइस हजार आठ सौ सड़सठ मेगावट रही है उन्होंने कहा कि आगामी गर्मियों में अधिकतम मांग छब्बीस हजार पांच सौ मेगावाट रहने की संभावना है इसके लिये आवश्यक क्षमता वृद्धि कर ली जाये श्री शर्मा ने बताया कि कारपोरेशन वर्ष दो हजार पच्चीस तक आवश्यक मांग के अनुरूप पारेषण नेटवर्क विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है और उस समय कुल विद्युत मांग इकत्तीस हजार पांच सौ मेगावाट होने की संभावना है इसकी पूर्ति के लिये आवश्यक पारेषण तंत्र के साथ ही कुल एक सौ अट्ठानबे नये पारेषण केन्द्र भी बनाये जायेंगे बिजली मंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रांसमिशन लाइनों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि कृषि भूमि का अधिग्रहण कम से कम हो प्रदेश में कोरोना के एक हजार छः सौ बासठ नये मामले मिले जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बीस हजार आठ सौ एक हो गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान एक हजार चार सौ पन्चानबे मरीज कोरोना से ठीक हो गये प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अब तक राज्य में कुल पांच लाख बत्तीस हजार तीन सौ उन्चास मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक दिन में एक लाख अड़सठ हजार सात सौ चौबीस कोरोना नमुनों की जांच की गई उन्होंने कहा कि केन्द्र के दिशा निर्देशों पर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर है वैक्सीन के समृचित रख रखाव और कोल्ड चेन तथा वैक्सीनेटरों के प्रशिक्षण की कार्रवाई तेजी से चल रही है मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष दस दिसंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन्नीस सौ अड़तालीस में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था इसके तहत मानव गरिमा समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय स्वतंत्रता और शांतिकी बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है